मुख्यमंत्री बालोद बेमेतरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बालोद और बेमेतरा जिलों में करीब दो सौ करोड़ रूपये के विकास कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास किया अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री बालोद जिले के सिंघोला गांव में आयोजित पंच सरपंच और कृषक सम्मेलन में भी शामिल हुए इस अवसर पर उन्होंने केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री और सहायता राशि के चेक वितरित किए कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साह कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और महिला तथा बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे वहीं बेमेतरा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा चुने गए एक सौ बीस हितग्राहियों को सामाग्री और उपकरण वितरित किए इस मौके पर उन्होंने नांदघाट को पूर्ण तहसील और भिंभौरी को उप तहसील बनाने की घोषणा की इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कबीरधाम और बेमेतरा में एथेनॉल प्लांट लगाने की भी बात कही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक बार फिर पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ में ढाई हजार रूपए प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदने का आग्रह किया है उन्होंने राज्य का बत्तीस लाख मीट्रिक टन चावल केन्द्रीय पूल में लेने का भी अनुरोध किया है मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि यदि भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में वृद्धि नहीं की जाती है तो राज्य को पिछले दो वर्षो की तरह उपार्जन की शर्तों में छूट दी जाए ताकि राज्य सरकार अपने संसाधनों से किसानों की उपज को उचित मूल्य पर खरीद सके मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ में हर वर्ष बड़ी मात्रा में राज्य की आवश्यकता के अलावा केन्द्रीय पूल के लिए धान का उपार्जन किया जाता है गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने इस विषय पर राज्य के सभी सांसदों के अलावा विभिन्न राजनैतिक दलों और किसान संगठनों से भी बीते पांच नवम्बर को चर्चा की थी केन्द्र स्वास्थ्य केन्द्र सरकार ने कहा है कि अगले वर्ष मार्च के अंत तक करीब तेरह हजार नए स्वास्थ्य तथा कल्याण केन्द्र बनाए जाएंगे इस समय देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे सत्ताईस हजार केन्द्र काम कर रहे हैं नई दिल्ली में चिकित्सा सेवाओं के वैश्विक सम्मेलन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत अगले तीन वर्षों के दौरान देशभर में करीब डेढ़ लाख नए स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है परिवहन मंत्री बैठक प्रदेश में यातायात नियमों के उल्लंघन और वाहन चालन में किसी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कल मंत्रालय में छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक ली बैठक में उन्होंने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर वाहनों को जब्त करने और ड्राइविंग लायसेन्स को निरस्त करने के निर्देश दिए श्री अकबर ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने यातायात नियमों के पालन और सड़कों के रखरखाव पर भी जोर दिया बैठक में सभी जिलों में हर महीने चार दिन सघन जांच अभियान चलाने का निर्णय लिया गया संस्कृत सम्मान राज्य सरकार द्वारा संस्कृत भाषा के विकास के लिए दिया जाने वाला संस्कृत सम्मान अब ब्रह्मलीन राजेश्री महंत श्री थैष्णव दास महाराज के नाम पर दिया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के द्धाधारी मठ में आयोजित महोत्सव के समापन अवसर पर यह घोषणा की इस अवसर पर श्री बघेल ने कहा कि प्राचीन मान्यताओं और अवशेषों के आधार पर भगवान राम ने वनवास के समय छत्तीसगढ़ में काफी समय बिताया था भगवान राम अपने वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ के जिन जिन स्थानों पर गए थे उन्हें मिलाकर इतिहासकारों ने राम वन गमन मार्ग तैयार किया है इस मार्ग के विभिन्न स्थलों को जल्द ही धार्मिक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा गौरतलब है कि दूधाधारी मठ के महंत राजेश्री रामसुंदर दास ने माता कौशल्या की जन्म तिथि के निर्धारण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है इसके तहत प्राचीन प्रमाणों के आधार पर माता कौशल्या की जन्मतिथि बताने वाले को ग्यारह लाख रूपए की राशि सम्मान स्वरूप दी जाएगी टीबी नियंत्रण कार्यक्रम बिलासपुर जिले में चल रहे टीबी नियंत्रण कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन के लिए चौदह सदस्यों का अंतर्राष्ट्रीय दल आज बिलासपुर पहुंचा इस दल ने बिलासपुर के जिला क्षय नियंत्रण केन्द्र और सिम्स अस्पताल के अलावा गनियारी बिल्हा सीपत देवरस और अन्य स्थानों के प्राथमिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दौरा किया दल के सदस्यों ने इन सभी स्थानों पर टीबी के इलाज के लिए उपलब्ध संसाधनों की जानकारी ली और आवश्यक सुझाव दिए महासमुंद चिटफंड कंपनी महासमुंद पुलिस ने जिले के करीब चौबीस हजार लोगों से लगभग छब्बीस करोड़ रूपये की धोखाधड़ी के आरोप में एक चिटफंड कंपनी के प्रबंध संचालक को गिरफ्तार किया है मिली जानकारी के अनुसार जस्ट नौ सौ निन्यानवे नाम की कंपनी के एजेंटों ने महासमुंद जिले के सरायपाली बसना आदि इलाकों में लोगों को सस्ती कीमत पर मोटरसाइकिल और अन्य सामान दिलाने का झांसा देने के साथ ही रकम को दोगुना करने का भी लालच दिया पुलिस ने बीते दिनों कंपनी के कार्यालय में छापा मारकर वहां कार्यरत् कर्मचारियों से पूछताछ की इसके बाद रायपुर स्थित मुख्य कार्यालय से कंपनी के प्रबंध निदेशक को गिरफ्तार किया गया गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया जहां से उसे एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है

क्रिकेट खिलाड़ी लूट रायपुर पुलिस ने विशाखापट्नम पैसेंजर गाड़ी में क्रिकेट खिलाड़ियों पर हमला करने के मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है विशाखापट्नम पैसेंजर ट्रेन को रायपुर रेलवे स्टेशन से सिग्नल नहीं मिलने पर कल देर रात करीब चार किलोमीटर पहले रोक दिया गया था तभी इन आरोपियों ने ट्रेन में घुसकर खिलाड़ियों से मारपीट करते हुए चाकू की नोंक पर उनके पैसे सामान और मोबाइल फोन लूट लिए थे फिल्म अभिनेत्री हमला छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेत्री माया साहू पर हमला करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है पुलिस के मुताबिक इन लोगों पर अभिनेत्री को फोन पर धमकी देने का आरोप है गौरतलब है कि बीते सोलह नवंबर को दुर्ग जिले के सुपेला भिलाई में अज्ञात युवकों ने छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेत्री माया साहू पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था

जिले के पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गंगालूर के साप्ताहिक बाजार के पास माओवादियों ने विस्फोटक लगा रखे हैं इसके बाद पुलिस पार्टी को इलाके की सर्चिंग के लिए रवाना किया गया

इंदिरा गांधी जयंती राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की जयन्ती पर उनका पुण्य स्मरण कर रहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमती गांधी ने देश को दूर दृष्टि पक्का इरादा और कड़ी मेहनत का रास्ता बताया इस अवसर पर राजधानी के न्यू सर्किट हाउस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया इसमें मंत्री कृषि रविन्द्र चौबे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और पार्टी के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा सहित अन्य नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने पूर्व प्रधानमंत्री के योगदान का स्मरण किया मल्टीमीडिया प्रदर्शनी मुंगेली जिले के पथरिया में कल से तीन दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी शुरू हुई इस प्रदर्शनी का विषय है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इस अवसर पर प्रादेशिक लोकसंपर्क कार्यालय के अधिकारी शैलेष फाये ने बताया कि केन्द्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहंचाने के लिए लोकसंपर्क विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है इसी कड़ी में पथरिया में मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है ताकि इस क्षेत्र के लोग केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जान सकें और उनका लाभ ले सकें कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने रैली निकालकर क्षेत्र के लोगों को शासकीय योजनाओं के प्रति जागरूक किया वहीं महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा पोषण संबंधी आवश्यक जानकारी दी गई जांजगीर धान जांजगीर चांपा जिले में इस वर्ष धान खरीदी के लिए सबसे ज्यादा किसानों का पंजीयन हुआ है मिली जानकारी के अनुसार जिले में करीब एक लाख तिहत्तर हजार किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए अपना पंजीयन कराया है यह संख्या पिछले साल से लगभग छब्बीस हजार अधिक है गौरतलब है कि इस जिले की एक सौ बीस सहकारी समितियों के दो सौ छह केन्द्रों पर आगामी एक दिसंबर से धान खरीदी शुरू की जाएगी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और साहस को याद करते हुए उन्हें अपनी श्रद्दांजलि दी है मुख्यमंत्री के रायपूर रिथत निवास में कल बीस नवम्बर को होने वाला जनचौपाल भेंट मुलाकात का कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है

इस अवसर पर रामानुजगंज के विधायक बृहस्पत सिंह ने रक्तदान किया और लोगों से भी अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करने की अपील की